सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक के दायरे में लाया जायेगा

पटना में सबसे अधिक पांच सौ सात मामलों की हुयी है प्रष्टि

केंद्र सरकार ने पशुपालन डेयरी और पशुधन संबंधी उद्यमों के बुनियादी ढांचे के विकास लिए पंद्रह हजार करोड़ रुपये के पश्पालन बुनियादी ढांचा विकास कोष को मंजूरी दे दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की हुयी बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुये सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य देश में लगभग पैंतीस लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है साउंड बाईट पशुधन विकास के लिए पंद्रह हजार करोड़ का यह कार्यक्रम पहली दफा सबके लिए खुल रहा है इससे दूध उत्पादन भी बढ़ेगा निर्यात भीबढ़ेगा और लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा योजना के तहत बैंक संबंधित क्षेत्रों में उद्यमशुरू करने के लिए नब्बे प्रतिशत तक ऋण देंगे सरकार ने इस योजना के तहत सभी ऋण के लिए ब्याज में तीन प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की है श्री जावड़ेकर ने बताया कि शहरी सहकारी और बहु राज्य सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक की सीधी निगरानी के तहत लाने का फैसला किया गया है साउंड बाईट सहकारी बैंक चाहे वो अर्बनको ऑपरेटिव बैंक हो या मल्टीस्टेट को ऑपरेटिव बैंक होअपने देश में चौदह सौ बीस अर्बन को ऑपरेटिव बैंक हैं और अड्डावन हैंमल्टी स्टेट को ऑपरेटिव बैंक्स आज इनके बारे में एक अध्यादेश पारित किया है अब वोराष्ट्रपति के पास जाएगा

ये तुरंत प्रभाव से आरबीआईके सुपरवीजन पॉवर में आ जाएंगे केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार ने मुद्रा शिशु ऋण योजना के तहत लगभग नौ करोड़ सैंतीस लाख कर्जदारों के लिए ब्याज में दो प्रतिशत की छूट दी है

इसके अंतर्गत एकदम ही छोटा जिसका पचास हजार तक कालोन होता है उसको शिश् लोन स्कीम कहते हैं नौ करोड़सैंतीस लाख लोगों को लोन मिला है इन लाभार्थियों को अब ब्याज में दो फीसदी की छूटमिलेगी

योजना पर होने वाला लगभग एक हजार पांच सौ बयालीस करोड़ रुपये का खर्च केंद्र सरकार देगी श्री जावड़ेकर ने बताया कि अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अवधि अगले वर्ष इकतीस जनवरी तक बढ़ा दी गई है साउंड बाईट येकाम शुरू हो गया लेकिन उसके बाद उनका टर्मस ऑफ रिफरेंस बदल दिया गया क्योंकि उसी समयध्यान में आया कि अनेक जातियां विभिन्न राज्योमें केवल स्पेलिंग के एक डिफरेंस से वो जातियां वंचित रहती हैं आरक्षण से अब इसलिएऐसे एनामली दूर करनाइन एक्युरेसी दूर करना यह भी काम ओबीसी कमीशन को दियागया है अब इसलिए वो नये सिरे से काम कर रहे राज्यों के साथ लेकिन बीच में कोविड ये संकटआया तो उसके कारण तीन चार महीने काम में देरी हुई है इसलिए इन्हें अपना रिपोर्ट पेशकरने का सरकार को सौंपने की तिथि मिली छह महीने की वृद्धि की है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के गठन से इस क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा उन्होंने कहा कि इससे मेहनती पशुपालकों की आमदनी बढ़ने के साथ साथ निवेश तथा क्षेत्रीय ब्रनियादी ढांचे खासतौर पर डेयरी उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत शिशु ऋण खातों में ब्याज माफी की योजना को मंजूरी दी है जिससे छोटे कारोबारियों को मदद मिलेगी और उनके व्यापार में स्थिरता आएगी रेलवे बिहार सहित छह राज्यों के एक सौ सोलह जिले में अगले एक सौ पच्चीस दिनों में अठारह अरब रुपये की ढांचागत परियोजनाओं में प्रवासियों और अन्य लोगों के लिए आठ लाख कार्य दिवस के रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगा

इन जिलों में वापस लौटे प्रवासी कामगारों को समुचित रोजगारप्रदान करने के मद्देनजर ही रेलवे ने कामगारों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिएजोनल रेलवे को प्रत्येक जिले और राज्यों में नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देशभी दिया है इस अभियान के दौरान किये जाने वाले सार्वजनिक कार्यों के लिए पचास हजारकरोड़ रुपयों का आवंटन केंद्र सरकार पहले ही घोषित कर चुकी है गरीब कल्याण रोजगारअभियान ग्रामीण विकासपंचायती राज सड़क परिवहन और राजमार्ग दूरसंचार और कृषि सहित बारहविभिन्न मंत्रालयों और विमागों के बीच एक साझे प्रयास के अंतर्गत संचालित किया जानाहै

सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद चतुर्वेदी आकाणवाणी समाचार दिल्ली केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को आधार संख्या से जोड़ने की समयसीमा अगले वर्ष इकतीस मार्च तक बढ़ा दी है इससे पहले यह समयसीमा इस साल तीस जून तक निर्धारित थी वहीं सरकार ने वित्तीय वर्ष अठारह उन्नीस के लिये मूल या संशोधित आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा इकतीस ज़ुलाई तक बढ़ा दी है भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि देश की संप्रभूता और अखण्डता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है श्री प्रसाद पटना के दीघा में पार्टी की जन संवाद रैली को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि देश किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिये पूरी तरह तैयार है और दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है प्रदेश में कोविड उन्नीस संक्रमितों की संख्या बढ़कर आठ हजार दो सौ तिहत्तर हो गयी है कल दो सौ तेईस नये मामलों की पुष्टि हुयी पटना में संक्रमितों की संख्या बढ़कर पांच सौ सात हो गयी है कल पटना से पच्चीस नये मामलों की पुष्टि हुयी है वहीं सिवान से उनतालीस संदिग्ध पॉजिटिव पाये गये मुजफ्फरपुर से पच्चीस नालंदा से सत्रह समस्तीपुर और बेगूसराय से सोलह सोलह मुंगेर से तेरह दरभंगा से बारह भागलपुर से ग्यारह औरंगाबाद से आठ लखीसराय और मधुबनी से छह छह भोजपुर गोपालगंज और बक्सर से पांच पांच अरवल और सुपौल से चार चार सहरसा से तीन कटिहार और पूर्वी चंपारण से दो दो तथा बांका नवादा सारण शेखपूरा और सीतामढ़ी से एक एक मामले सामने आये हैं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार अब तक छह हजार एक सौ छह लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गयी है स्वस्थ होने वालों की दर चौहत्तर प्रतिशत से अधिक है वहीं इस वैश्विक महामारी से अब तक पचपन लोगों की मौत हो चुकी है इस बीच पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के शिशु रोग विभाग के एक और चिकित्सक पॉजिटिव पाये गये हैं साथ ही तीन नर्स और तीन अन्य कर्मी को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है पीएमसीएच में अब तक दस डॉक्टरों में कोरोना संक्रमण की प्रष्टि हो चुकी है देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर चार लाख तिहत्तर हजार एक सौ पांच हो गई है वहीं देश भर में अब तक दो लाख इकहत्तर हजार छह सौ संतानवे रोगी ठीक हुए हैं मृतकों की कुल संख्या चौदह हजार आठ सौ चौरानवे हो गई है पटना स्थित आरएमआरआई में अत्याध्रनिक कोबास मशीन से कोरोना की जांच शुरू हो गयी है संस्थान के निदेशक डॉक्टर प्रदीप दास ने बताया कि अब एक हजार एक सौ पचास अतिरिक्त नमूनों की प्रतिदिन जांच हो सकेगी पटना एम्स ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुये तीस नये वेंटिलेटर की खरीद की है निदेशक डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह ने बताया कि ये वेंटिलेटर एक सप्ताह के अंदर लग जायेंगे संस्थान में अभी चौवन वेंटिलेटर काम कर रहे हैं मौसम विभाग ने अगले अड़तालीस घंटों के दौरान उत्तर मध्य और पूर्वी बिहार के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है मौसम विज्ञान केंद्र पटना की ओर से जारी बुलेटिन में कहा गया है कि अररिया और किशनगंज जिले के कुछ हिस्सों में आज भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है वहीं पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण गोपालगंज सिवान सारण मध्रबनी मुजफ्फरपुर दरभंगा वैशाली शिवहर समस्तीपुर सुपौल पूर्णिया सहरसा और मधेपुरा में कई स्थानों पर भारी बारिश की आशंका है कल राज्य के दस जिलों के लिये रेड अलर्ट जारी किया गया है जारी पूर्वानुमान में कहा गया है कि दक्षिण बिहार में बने ट्रफलाइन के उत्तर बिहार में प्रवेश करने और अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण भारी बारिश की स्थिति बनी हुयी है हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि देर रात से ही बारिश का सिलसिला जारी है सीतामढ़ी दरभंगा मध्रबनी पश्चिम चंपारण अररिया सुपौल सहरसा और मधेपुरा में कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश की खबर है इधर मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुये आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से विशेष सावधानी बरतने को कहा है बाढ़ की आशंका के मद्देनजर दरभंगा सुपौल सिवान पूर्णिया और खगड़िया जिले में एसडीआरएफ की एक एक टीम की तैनाती की गयी है बिहार विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव के लिये कांग्रेस ने पूर्व सांसद तारिक अनवर को अपना उम्मीदवार बनाया है श्री अनवर आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे तारिक अनवर कटिहार से पांच बार सांसद रह चुके हैं साथ ही वे राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं इधर भाजपा के उम्मीदवार संजय मयूख और सम्राट चौधरी भी आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे विधान परिषद चुनाव के लिये नामांकन का आज अंतिम दिन है बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड ने मध्यमा परीक्षा के लिये पंजीयन और परीक्षा फॉर्म भरने की समयसीमा सत्रह जुलाई तक बढ़ा दी है बोर्ड के सचिव अनिल कुमार ने बताया कि अभ्यर्थी सोलह जुलाई तक अपने विद्यालय में और सत्रह जुलाई तक कार्यालय आकर फॉर्म भर सकते हैं भागलपुर जिले के नवगछिया में एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से तीन बच्चों की मौत हो गयी एसटीएफ की टीम ने पटना से कुख्यात अपराधी वरूण कुमार को गिरफ्तार कर लिया है उस पर पच्चीस हजार रूपये का इनाम था अररिया जिले के ढोलबज्जा से पुलिस ने तीन अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है वहीं जिले के फारबिसगंज थाना क्षेत्र से एसएसबी ने एक व्यक्ति को गांजा और नेपाली करेंसी के साथ गिरफ्तार किया है खगड़िया नगर परिषद के एक सफाईकर्मी से मारपीट के मामले में विधायक पूनम देवी के एक अंगरक्षक को लाईन हाजिर कर दिया गया है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 दैनिक जागरण ने डेयरी और मीट प्रोसेसिंग सेक्टर में पैंतीस लाख रोजगार मिलने की खबर को अपने पहले पन्ने पर स्थान दिया है हिन्दुस्तान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को तरजीह देते हुये लिखा है कमला नदी पर बराज बनेगा प्रभात खबर की सुर्खी है लालू ने की पहल रघुवंश की कीमत पर कोई समझौता नहीं करेगा राजद दैनिक भास्कर लिखता है डीजल पहली बार पेट्रोल से महंगा आज ने रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के रूस दौरे से जुड़ी खबर को प्रमुखता देते हुये लिखा है उन्नीस देशों के साथ भारतीय सेना ने दिखायी ताकत राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने यूजीसी को परीक्षाएं नहीं लेने की सलाह दी

सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक के दायरे में लाया जायेगा

पटना में सबसे अधिक पांच सौ सात मामलों की हुयी है पुष्टि